वनमंत्री राकेश पठानिया ने वन्य क्षेत्रों में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर दिया बल

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने छोटा शिमला स्थित राजीव चौक में उनकी प्रतिमा पर पृष्पांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी ने देश की एकता और अखण्डता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को देशवासी हमेशा याद रखेंगे शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को पृष्यांजलि अर्पित की शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि देश में आईटी व कम्पयूटर राजीव गांधी की देन है उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीति में समानता का कानूनी अधिकार सहित अनेक कल्याणकारी कार्यों के लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा उधर ऊना जिले के हरोली में कांग्रेस सेवा दल ने इस मौके पर पौधरोपण किया जिसमें विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी शिरकत की प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर इस उपलक्ष्य में श्रद्वांजलि कार्यक्रम आयोजित कर अधिकारियों व कर्मचारियों को सदभावना दिवस की शपथ भी दिलाई गई मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंत्रियों विधायकों प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों सहित आर्थिक रूप से सम्पन्न लोगों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी पर मिलने वाले राशन को स्वेच्छा से छोड़ने की अपील की है मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा करने से जरूरतमंद लोग इस सुविधा का लाम ले सकेंगे उन्होंने कहा कि विभाग ने इस संबंध में अपनी वैबसाईट पर सभी सरकारी कार्यालयों को फार्म अपलोड करवा दिए हैं गंगवार केन्द्रीय श्रम व रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने आज श्रम व्यूरो के लोगो को नई दिल्ली में लाँच किया इसका उद्देश्य श्रम ब्यूरो की परिकल्पना को दृष्टिगत रूप से व्यक्त करना है

ऊना में राजस्व विमाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत बाहरी राज्य का कोई भी व्यक्ति हिमाचल में तब तक ज़मीन नहीं खरीद सकेगा जब तक वह सभी औपचारिकताएं ऑनलाईन प्रकिया के माध्यम से पूरी नहीं करता उन्होंने अधिकारियों को मूमि संबधी मामले आसान तरीके से हल करने के निर्देश भी दिए महेंद्र सिंह ने अधिकारियों को बरसात में सरकारी व गैर सरकारी संपतियों को हो रहे नुकसान की ऑनलाईन दैनिक रिर्पोट भेजने को भी कहा उन्होंने कहा कि प्रदेश में आने वाली बड़ी परियोजनाओं के शीघ निर्माण के लिए प्रदेश में लैंड बैंक बनाया जाएगा ताकि इन परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सकें सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश वासियों से केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया है कांगड़ा जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के लाभार्थियों की वर्चअल रैली को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मानवीय व कल्याणकारी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सभी वर्गों का उत्थान सुनिश्चित किया गया है भारद्वाज ने कहा कि जनहितैषी योजनाओं के परिणामस्वरूप ही प्रदेश में विकास सम्भव हआ है गोविंद शिक्षामंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है वर्च्यअल माध्यम से जयसिंहपूर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही

वन मंत्री वन मंत्री राकेश पठानिया ने वन्य क्षेत्रों में ईको दूरिज्म को बढ़ावा देने पर बल दिया है शिमला में वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के वन्य क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देकर राजस्व में भी वृद्धि की जा सकती है पठानिया ने कहा कि वन्य ईको दूरिज्म का प्रचार बैव पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा जिससे लोगों को प्रदेश की समुद्ध वन संपदा की जानकारी उपलब्ध होगी उन्होंने कहा कि वन्य गंतव्य स्थलों का उपयोग कर ट्रैकिंग सहित अन्य गतिविधियों से स्थानीय लोगों को जोड़ा जाएगा जिससे उनकी आर्थिकी मजबूत होगी

शहीद सिरमौर जिला में ददाहू क्षेत्र के शहीद जवान प्रशांत ठाकूर का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव ठाकर गवाना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने शहीद को नम आंखों से अंतिम विदाई दी रेणुका के विधायक विनय कमार व नाहन के विधायक राजीव बिंदल ने शहीद के घर जाकर परिजनों को ढांढस बंधाया

वीडियो कॉन्फ्रें स विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न योजनाओं को लाभार्थियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए दर्जनों योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं

राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने कहा है कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है बिलासपुर जिले के घूमरवी में जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का त्वरित निपटारे के लिए प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्पलाईन शुरू की गई है इस मौके पर उन्होंने लगभग सौ लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि प्रदेश सरकार के जिस मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच विजिलेंस कर रही है उसे नैतिकता के आधार पर जांच के चलते अपने पद से हट जाना चाहिए उन्होंने कहा है कि मंत्री के पद पर रहते हुए कोई भी जांच निष्पक्ष नही हो सकती शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इसकी निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए उन्होंने सरकार पर स्वास्थ्य विभाग में कथित घोटाले की जांच को लेकर सुस्त रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया